बिहार में अब तक जांच किये सभी सैंपल निगेटिव पाये गये कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये आज समूचा देश जनता कर्फ्यू का पालन कर रहा है इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के फैलाव पर काबू पाने के लिए लोगों से स्वेच्छा से घरों के भीतर बने रहने की अपील की थी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस महीने की उन्नीस तारीख को राष्ट्रीय अपील में लोगों से जनता कर्फ्यू के दिन जहां तक संभव हो घरों से बाहर नहीं जाने को कहा था

इस जनता कर्फ्यू के दौरान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले

घरों में ही रहें हमारा यह प्रयास आत्मसंयम देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा श्री मोदी ने डॉक्टरों नर्सों अस्पताल कर्मचारियों सफाई कर्मियों एयरलाइन्स कर्मचारियों सरकारी कर्मचारियों पूलिस कर्मियों मीडिया रेल बस ऑटोसेवा चालकों तथा घर तक सामान पहुंचाने वाले लोगों के योगदान के प्रति प्रत्येक व्यक्ति से आभार व्यक्त करने की अपील की थी

हम अपने घर के दरवाजे पर खडे होकर या बाल्कनी में या खिडकियों के सामने खडे होकर रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजाकर के थाली बजाकर के घंटी बजाकर के विभिन्न राज्यों के मूख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने दल गत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों से स्वेच्छा से लगाये जाने वाले जनता कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों से जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पूरी मानवजाति संकट में है हम सब इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं श्री कुमार ने कहा कि इस महामारी से बचाव का सबसे अच्छा उपाय सामाजिक और आपसी दूरी बनाकर रहना है मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति की सतर्कता ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का उपाय है इसका अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिये भी तैयार करेगा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिये जनता कर्फ्यू के दौरान राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में सड़कों पर वाहनों का आवागमन ठप्प है लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं इसके साथ ही सामाजिक दूरी बनाये रखने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है बाजार भी बंद हैं हालांकि आवश्यक सेवाओं को जनता कर्फ्यू से अलग रखा गया है जनता कर्फ्यू को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने दो सौ नब्बे पैसेंजर और तिहत्तर एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है पटना से उड़ने वाली इक्कीस जोड़ी फ्लाईटों को भी रद्द कर दिया गया है सड़कों पर बस ऑटो ई रिक्शा भी नहीं चल रहे हैं पटना रेंज के आईजी संजय कुमार सिंह ने कहा कि आज जनता कर्फ्य को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य में इकतीस मार्च तक बस सेवाओँ रेस्त्रां और बैंक्वेट हॉल को तत्काल बंद रखने का आदेश जारी किया है हालांकि रेस्त्रां से होम डिलीवरी और खाना घर ले जाने की सुविधा जारी रहेगी राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि इकतीस मार्च तक नगरीय और अंतर्राज्यीय बसें नहीं चलेंगी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये एहतियाती कदम उठाते हुये पटना के महावीर मंदिर समेत धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित प्रदेश के साढ़े चार हजार से अधिक मंदिरों को इकतीस मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुये यह निर्णय लिया गया है इस दौरान धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार का आयोजन नहीं किया जायेगा देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढकर दो सौ तिरासी हो गई है इनमें उनतालीस विदेशी नागरिक भी शामिल है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकडों के अनुसार कोरोना वायरस से पीड़ित तेईस लोगों का इलाज किया जा चुका है और उनमें से कुछ को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है इधर बिहार में अब तक पांच सौ चार संदिग्ध मरीजों की पहचान हुयी है जिन पर निगरानी रखी जा रही है राज्य में पचहत्तर से अधिक नमूनों की जांच की गयी है जिनमें से सारे मामले निगेटिव आये हैं केंद्र सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि जनता कर्फ्यू के दौरान सामाजिक रूप से अलग थलग रहने का उदाहरण प्रस्तुत करें यह वायरस को फैलने से रोकने के सामूहिक प्रयासों को दिखाने का समय है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि जनता कर्फ्यू जनभागीदारी अभियान है जिससे जनता में आइसोलेशन में रहने की भावना पैदा होगी उन्होंने कहा कि देशभर में एक सौ ग्यारह प्रयोगशालाओं में संक्रमण की जांच की जा रही है उन्होंने कहा कि सात हजार से अधिक ऐसे लोगों का पता लगाया जा रहा है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं श्री लव अग्रवाल ने सामुदायिक स्तर पर वायरस फैलने का खंडन किया

एक तो जो हम ओवरऑल सर्विलेंस थ्रू लैब टेस्टिंग करते हैं एक दूसरे हम ओवरऑल कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के थ्रू आइडेंटीफाई करते हैं कि क्या मैं एक पर्टीक्यूलर केस के सोर्स को आइडेंटीफाइ कर सकता हूं और उससे लिंक केसिस को आइडेंटीफाइ कर सकता हूं इन दोनों के काम्बीनेशन से ही आप ये जज कर सकते हैं कि क्या कम्यूनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल ने बताया कि कोविड नाईटीन पच्चासी प्रतिशत मामलों में आम खांसी जुकाम की तरह होती है

कुछ प्रपोशन में दस पंद्रह परसेन्ट में ये बीमारी गंभीर हो सकती है और उसमें हमें अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत पड़ सकती है लेकिन मेजोरिटी में ये बिल्कुल माइल्ड एक साधारण फलू जैसी बीमारी रहेगी कि हम सब तैयार रहें और अगर है भी तो भी हमें घबराना नहीं है और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हमें अस्पताल जाकर अपना इलाज करना होगा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

खांसी और बूखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने को कहा गया है सार्वजनिक स्थल पर न थूकने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है

इस्तेमाल टिशू को तुरंत बंद डिब्बों में ही फेंकें दुखार खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है डॉक्टर के पास जाते समय नाक और मुंह मास्क या कपड़े से ढंके होने चाहिए

राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं केंद्र सरकार ने कोविड नाईंटीन के बारे में पूछताछ के लिए व्हाट्सएप चैट बोट शुरू किया है लोग अपने व्हाट्सएप पर नौ शून्य एक तीन एक पांच एक पांच एक पांच नम्बर पर कोरोना से जुड़े सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने जनता कर्फ्यू से जुड़ी खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है सूबे में बसों का परिचालन इकतीस मार्च तक बंद दैनिक जागरण ने जनता कर्फ्यू से जुड़ी खबर का शीर्षक दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील पर पूरा देश एकजुट

प्रभात खबर की सुर्खी है बढ़ी मरीजों की संख्या आज देशभर में नागरिक शट डाउन कर तोडेंगे कोरोना की श्रृंखला

बिहार में अब तक जांच किये सभी सैंपल निगेटिव पाये गये